राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए विभाग में जल्द होगी पटवारियों की भर्ती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

आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसान लम्बे समय से इन सुधारों की मांग कर रहे थे और सरकार ने इसे पूरा किया है उन्होंने कहा कि संसद ने काफी विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों से कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मज़बूत करने का आहवान किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नए कृषि सुधारों ने न केवल किसानों के बंधनों को समाप्त किया है बल्कि उन्हें नए अधिकार और अवसर भी दिए हैं

प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपने आसपास के गांवों का दौरा कर किसानों को खेती में नवाचारों और हाल ही के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करने का आहवान किया

प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में नवनिर्वाचित सांसद गौरव शर्मा द्वारा संस्कृत में शपथ लेने की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करता है

उन्होंने कहा कि पूरी दृनिया में ग्रू नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है रितेश कप्रर आकाशवाणी समाचार शिमला वर्च्अल शिलान्यास जलशक्ति व राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने ऊना जिले के बंगाणा के लिए आज मल निकासी योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधारशिला रखी

राजस्व मंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जल्द ही पटवारियों की भर्ती की जाएगी कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बसाल में जल शक्ति विभाग का उपमण्डल खोलने की मांग की

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व्यक्तिगत तौर पर निरंतर महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार विभिन्न जिलों में राज्य सरकार द्वारा ये जिम्मेवारी मंत्रियों को सौंपी गई है

निर्देश कुल्लू ज़िले में होम आइसोलेशन में कोरोना मरीज़ों के ऑक्सीज़न स्तर की निगरानी के आशा व स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि होम आइसोलेशन के दौरान ऑक्सीजन स्तर कम होने पर मरीज एक शून्य सात सात पर संपर्क कर सकते हैं

अभियान चम्बा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्वयंसेवी संगठन सेवा भारती और प्रेरणा संस्था के साथ मिलकर कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया है इस अभियान के शुभारम्भ अवसर पर प्राधिकरण के सचिव व न्यायाधीश पंकज गुप्ता ने लोगों को मास्क व सैनिटाइज़र वितरित किए उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी रखने बार बार हाथ धोने और मास्क पहनने का आह्वान किया

एक बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना से निपटने को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और सरकार महामारी से निपटने में नाकाम रही है अग्निहोत्री ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का भी आहवान किया

कुल्लू के एसडीएम अमित गुलेरिया ने कहा कि पीड़ितों को राहत मैनुअल के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा

इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को बधाई दी है राज्यपाल ने कहा कि गुरू नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण कर हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरू नानक देव जी ने प्रेम शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है